इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की उनसठ क्षेत्र में रविवार को मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जूटे हैं इस चरण में उत्तर प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों पंजाब की सभी तेरह सीटों पश्चिम बंगाल की नौ बिहार और मध्य प्रदेश की आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चारों सीटों झारखंड की तीन और चंडीगढ़ की एक मात्र सीट के लिए मतदान होना है सभी सात चरणो के वोटों की गिनती इस महीने की तेईस तारीख को होगी

एक अधिकारिक विज्ञाप्ति में कहा गया कि भारत अन्य देशों में खनिज पदार्थ आयात कर रहा है ऐसे में अरुणाचल प्रदेश भविष्य में सीसा यानि ग्रेफाईट के अग्रणी निर्माता हो सकते है

इस तथ्य को मानते हुए की चिन तिब्बत में सीमा पार कथित तौर पर विशाल खनन गतिविधिया चला रहे है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सड़क मार्ग का विकास खनीज पदार्थों की खोज के लिए एक वरदान साबित होगा

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नाचो तामा चूंग सड़क मार्ग जो लिमेकिंग सर्कल के निकट एक सौ अस्सी फ्रट की उचाई पर है उसपर अरुणाक परियोजना के कर्मचारी निर्माण कार्य में लगे हुए है और बीते ग्यारह मई को यह दुर्घटना घटी

इस घटना में हुए नुकसान का जायजा लेते हुए श्री लोमबी ने स्कूल अधिकारियों को इस मसले को जिला उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर जल्द स्कूल के बहाली के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया

इस अवसर पर श्री कुमारण ने नाबार्ड के विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी

कार्यक्रम को गैर सरकारी संगठन आमया ने आयोजित किया था

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने कल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात की

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को तीन महीने के भीतर कार्य योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराने के निर्देश दिये ऐसा न करने पर अधिकरण बाध्यकारी कदम उठाने के बारे में सोच सकता हैं जिनमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एवज में अर्थदंड की व्यवस्था है अधिकरण ने कहा कि अब तक नौ राज्यों और पांच केंद्र शासित क्षेत्रों में ही कार्य योजना प्रस्तुत की है बोर्ड की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अंडमान निकोबार आंध्रप्रदेश चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ दमन और द्वीव दिल्ली झारखं ड कर्नाटक लक्षदीप मध्यप्रदेश मणिपुर ओड़िशा और त्रिपुरा से कार्य योजनाओं की रिपोर्ट मिल चुकी है

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया